पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जगत प्रकाश नड्डा का ये पहला हिमाचल दौरा है सोलन में भाजपा द्वारा जेपी नड्डा के सम्मान में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है कार्यकम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला पहंचेंगे जहां वे कोर कमेटी विधायक दल व भाजपा के कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक कर कई मुददों व योजनाओं पर चर्चा करेंगे

बजट सत्र प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र का आज तीसरा दिन है इस दौरान प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण व चर्चा होगी वित्त मंत्री वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकों के फंसे ऋण की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारियों को ग्राहकों से स्थानीय भाषा में ही संवाद करना चाहिए वित्तमंत्री ने कहा कि ऋण देने के संबंध में बैंक शाखा और उसके ग्राहकों के बीच संवाद बहत महत्वपूर्ण होता है उन्होंने कहा कि बैंकों के लिए ग्राहक के बारे में व्यक्तिगत जानकारी हासिल करना भी जरूरी है कौशल विकास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण जल्द श्रू किया जायेगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डे ने बताया कि कौशल विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सरकार ने इस योजना को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का फैसला किया है युवा संसद नेहरू युवा केंद्र कुल्लू ने कल आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया इस दौरान नशा निवारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान पर चर्चा की गई इधर किन्नौर जिला युवा समन्वयक कार्यालय द्वारा रिकांगपिओ में भी आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल कर सामाजिक बुराईयों के बारे में जागरूक किया गया मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत धूप के साथ हुई है मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा के नए अध्यक्ष और बजट सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण की सुर्खी है परमार निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष कार्यभार संभाला दिव्य हिमाचल बतौर विधानसभा अध्यक्ष लिखता है मैं सभी का हू आप सभी मेरे

हिमाचल दस्तक का कहना है विपिन परमार ने संभाला विधानसभा अध्यक्ष का पदभार जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स ने सुर्खी दी हैं सबके अध्यक्ष बने विपिन परमार बजट सत्र पर पंजाब केसरी की सुर्खी है सेवा विस्तार रि इम्पलाइमेंट और तबादलों पर हंगामा व वाकआउट अमर उजाला का शीर्षक है जयराम अग्निहोत्री में नोंक झोंक सीएम बोले घटाएंगे तबादले और सेवा विस्तार आपका फैसला के शब्द हैं सेवा विस्तार को लेकर पक्ष विपक्ष में नोंक झोंक दिव्य हिमाचल लिखता है तबादलों पर विपक्ष पर अधूरा वाकआउट बाहर जाते ही वापस लौट आए विधायक

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नडडा आज आएंगे सोलन और शिमला शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचेंगे हिमाचल इसी खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है आज आएंगे जेपी नडडा सोलन के बाद शिमला में होगा स्वागत